कोरोना संक्रमण में बढ़ोत्तरी जारी है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

मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ़ रखें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज मुजफ्फरनगर और सहारनपुर मंडल में कोरोना संक्रमण की जमीनी हकीकत जानने के लिये वहां का दौरा किया

सहारनपुर में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि विशेषज्ञों की राय पर संभावित तीसरी लहर को देखते हुए प्रदेश में अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई है उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों के अनुसार इस लहर में बच्चों के संक्रमित होने की संभावना अधिक है इसलिये प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में सौ बेड इसके लिये तैयार किये जा रहे हैं प्रत्येक जनपद को भी बच्चों के लिये आईसीयू का निर्माण करने को कहा गया है

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में अभी तक साढ़े चार करोड़ से अधिक टेस्ट किये जा चुके हैं

प्रदेश के इस मॉडल की सराहना विश्व स्वास्थ्य संगठन और नीति आयोग ने भी की है मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑक्सीजन के मामले में प्रत्येक जनपद को आत्मनिर्भर बनाने के लिये तीन सौ ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत किये गये हैं जिसमें पीएम केयर और सीएम केयर के अन्य स्रोतों से राशि उपलब्ध कराई जा रही है गन्ना विभाग भी हर जनपद में एक ऑक्सीजन प्लांट लगा रहा है

वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि डेढ़ करोड़ लोगों को वैक्सीन उपलब्ध कराई जा चुकी है

मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिये कुछ रियायतों के साथ कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है इस कर्फ्यू से स्ट्रीट वेंडर रिक्शाचालक नाई धोबी मोची और अन्य इस तरह के कार्य करने वालों के आजीविका पर असर पड़ा है

इसके अलावा इनको एक हजार रूपये का भत्ता भी दिया जायेगा

रिपोर्टो के मुताबिक करोना का यह संक्रमण शहरी इलाकों से गांव की ओर आगे बढ़ रहा है प्रदेश में जो रणनीति तैयार की गयी है वह गांव को फोकस करके है अपर मुख्य सचिव अवनीश कुमार अवस्थी ने बताया कि गांव के स्तर पर निगरानी समितियां बनाई गयी है इन निगरानी समितियों का मुख्य कार्य गांव के लोगों को जागरुक करना गांव में साफ सफाई की व्यवस्था तथा सैनिटाइजेशन करना और जरुरत पड़ने पर संक्रमित लोगों की जांच और दवा की किट की व्यवस्था करना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रदेश में बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमण की जांच का कार्य किया जा रहा है और जांच की क्षमता को निरन्तर बढ़ाया जा रहा है

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर निगरानी समितियां लगातार गांवों में जांच कर रही है और संक्रमितों का पता लगने पर उन्हें निःशुल्क कोरोना किट उपलब्ध कराई जा रही है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

कोविड रोगियों के लिए टू डीऑक्सी डी ग्लूकोस दवा आज जारी की गई

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने डॉक्टर रेड्डीज लैब के साथ मिलकर इस दवा को विकसित किया है भारतीय औषधि महानियंत्रक ने हाल ही में इस दवा के आपात इस्तेमाल की मंजूरी दी थी रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि टू डी जी दवा आत्मनिर्भरता की दिशा में मील का पत्थर है श्री सिंह ने कहा कि संकट के समय में यह दवा आशा की नई किरण लेकर आई है

ये आशा और उम्मीद की एक नई किरण लेकर आया है यानी हमारे देश के सामने यदि बड़ा से बड़ा कोई चैलेंज आए वो हमारे वैज्ञानिकों के अंदर वो क्षमता है वो ताकत है कि उसका मुकाबला वो कर सकते हैं और जो ये इग का इजाद किया गया है मैं समझता हूं कि हमारे देश के वैज्ञानिकों की एक जो सांइटिफिक कैपेबिलिटी है उसकी भी एक मिसाल है प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी ने आज चित्रकूट में कोविड अस्पताल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओ का जायजा लिया उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों से मुलाकात कर दवाओं और भोजन के बारे में जानकारी ली निरीक्षण के दौरान श्री नंदी ने कहा कि सरकार कोरोना की तीसरी संभावित लहर से निपटने को तैयार है उन्होंने कहा कि चित्रकूट में आक्सीजन की कोई कमी नही है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चार मठों की स्थापना करने वाले आध्यात्मिक गुरू आदि शंकराचार्य और श्री कृष्ण के अनन्य उपासक महाकवि सूरदास जी की जयन्ती पर शत् शत् नमन किया है अपने ट्वीट संदेश के जरिये उन्होंने कहा कि आदि गरू शंकराचार्य अद्वैत वेदांत के प्रणता होने के साथ साथ सनातन संस्कृति को सूत्रबद्ध किये जाने के लिये भी जाने जाते हैं सूरदास जी को मुख्यमंत्री ने भारत की महान संत परम्परा का प्रतीक बताया

एक बच्चे सहित चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि एक ने उपचार के दौरान अस्पताल में दम तोड़ा

यह जानकारी प्रदेश सरकार ने अपने अधिकारिक ट्वीटर एकाउंट पर दी है

प्रदेश सरकार के सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग ने इस वायरल समय सारिणी को गलत और भ्रामक बताया है माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश ने कहा है कि वाट्सऐप और सोशल मीडिया पर वायरल यह समय सारिणी पूरी तरह से भ्रामक है उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर के कपाट आज सुबह पारंपरिक धार्मिक श्रद्धा और आस्था के साथ खोले गए शीतकालीन अवकाश के बाद वैदिक मंत्रोच्चार और अन्य धार्मिक अनुष्ठान के साथ मंदिर में पूजा अर्चना की गई राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण के फलाव के चलते चार धाम यात्रा स्थगित कर दी है